इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रॅस के माध्यम से सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी राजनीतिक समारोह भी वर्च्यअल माध्यम से ही किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन कार्यालय जाएंगे जबकि छठे दिन वर्क फॉम होम करने का निर्णय लिया गया है

उन्होंने सरकार के सभी विभागों संगठनों जिला दण्डाधिकारियों पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों और प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के नवीनतम दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि जल जीवन भिशन के तहत सरकार द्वारा ऊना में आगामी वर्ष अगस्त माह तक हर घर में नल से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी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

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में फाइव डे वीक शादियों में घटाए मेहमान